राज्य सरकार और उद्योग जगत के बीच विभिन्न विषयों को निस्तारित करने के उद्दे य से पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्व सख्त कार्रवाई के निर्दे सम्मान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाकर ही समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है उन्होंने कहा कि समाज में सुधार के लिए दढ़ संकल्प शक्ति और त्याग की भावना जरूरी है मुख्यमंत्री देहरादून में महिलाओं के सम्मान के लिए आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे प्रदेश के विकास में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की आर्थिकी को बेहतर करने के लिए अनेक योजनाओं पर काम कर रही है

पुरस्कार पाने वाली महिलाओं को बधाई देते हुए श्री रावत ने कहा कि राज्य की अनेक महिलांए विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान कर प्रदेश के विकास में भागीदारी निभा रही हैं इस मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि तीलू रौतेली पुरस्कार का उद्देश्य समाज सुधार के लिए संघर्ष करने वाली महिलाओं को मान्यता देना है आमंत्रण राज्य सरकार और उद्योग जगत के बीच विभिन्न विषयों को सही ढंग से जल्द निस्तारित करने के उद्देश्य से पांच सदस्यीय एक कमेटी गठित की जाएगी इस कमेटी की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की चहुंमुखी प्रगति के लिए सरकार और उद्योग जगत को मिलकर काम करना होगा

उन्होंने प्रदेश में पहली बार आयोजित किए जा रहे इन्वेस्टमेन्ट समिट की प्रंशसा करते हुए कहा कि यह पहल राज्य में औद्योगिक निवेश के साथ ही आर्थिक विकास के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगी स्थाई राजधानी विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि राज्य सरकार गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है बागेश्वर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य को स्थाई राजधानी देने के विषय पर प्रदेश सरकार काम कर रही है पूर्व सरकारों पर राजधानी के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान सरकार जल्द ही स्थायी राजधानी का तोहफा प्रदेश को देगी इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने जिले में विभिन्न विकास कार्यो का जायजा लिया और भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष इन दिनों अपने पांच दिवसीय क्मांऊ भ्रमण पर हैं

नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि राज्य में हैरिटेज सर्किट के तहत इन स्थलों में पर्यटकों के लिए सुविधायें बढ़ाई जायेंगी

केंद्र सरकार और पर्यटन मंत्रालय का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन की सुविधाओं को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है

देहरादून में आज मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुलाकात करने आए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने यह जानकारी दी है मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में रेलवे के विस्तार से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इसके लिए राज्य सरकार रेलवे के साथ हर सम्भव सहयोग करेगी श्री रावत ने पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक से काठगोदाम से देहरादून आने वाली ट्रेन का समय यात्रियों की सुविधानुसार करने का अनुरोध भी किया है

देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने यह भी तय ककिया कि पूर्वोत्तर रेलवे लालकुआं काठगोदाम लाइन और काशीपुर कस्बे में रेलवे अंडर ब्रिज बनाएगा जिस पर होने वाले खर्च का कृछ हिस्सा उत्तराखण्ड भी वहन करेगा बैठक में खटीमा बनबसा रेलवे लाइन पर भी एक रेलवे अंडर ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया है टिहरी महोत्सव प्रदेश में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से इस साल नवम्बर में टिहरी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा देहरादून में टिहरी झील के विकास से संबंधित बैठक में मुख्य सचिव ने बताया कि टिहरी झील के आसपास पर्यटन गतिविधियां विकसित करने की योजना तैयार कर ली गई हैं उन्होंने टिहरी झील के आसपास के गांवों में होम स्टे को बढ़ावा देने के निर्देश दिए ताकि ग्रामीणों की आमदनी बढ़ाई जा सके कार्रवाई राज्य सरकार ने पुलिस और अन्य अधिकारियों को यातायात नियम तोड़ने वाले सार्वजनिक और निजी वाहनों के चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं परिवहन सचिव डी एस पांडियन ने राज्य के पुलिस महानिदेशक परिवहन आयुक्त कुमाऊं और गढ़वाल के आयुक्त और सभी जिलों के पुलिस एवं प्रशासनिक प्रमुखों से वाहनों के क्षमता से अधिक भरे होने अधिक गति या शराब पीकर वाहन चलाने और लाल बत्ती का उल्लंघन करने पर दोषी पाए जाने वाले चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है

बारिश की वजह से दो पुल बह गये हैं और ग्रामीण इलाकों में कई सड़कें क्षतिग्रस्त होने की सूचना है इस बीच मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है विभाग ने आगामी नौ और दस जुलाई को कुमांऊ क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना भी जताई है

इस दौरान उन्होंने सचिवालय प्रशासन और सचिवालय संघ के बीच कम से कम तीन महीने में एक बार बैठक करने के निर्दे दिए

इसके लिए उपयुक्त स्थान पर भूमि का चयन किया जाएगा वे आज देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे

ऊधमसिंह नगर तीन द मलव दो अंको के साथ पहले स्थान पर है देहरादून के क्लेमेन्टाउन क्षेत्र में गोकशी के मामले में पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी को विस्तृत जाँच करने के निर्दे